बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा

इस बीच विधानसभा उपाध्यक्ष ने बजट सत्र के दृष्टिगत आज एक बैठक में सुरक्षा प्रबंधों का जायज़ा लिया जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपने कांगड़ा शीतकालीन प्रवास को केवल एक परंपरा और राजनीतिक लाभ लेने का मौका नहीं बनाना चाहती मुख्यमंत्री आज अपने कांगड़ा प्रवास के दूसरे दिन देहरा विधानसभा क्षेत्र के ढलियारा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कांगड़ा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य जल्द आरंभ कर दिया जाएगा केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कॉरपोरेट टैक्स की दरें विश्वभर में सबसे कम हैं जिससे भारत में बड़ी मात्रा में वैश्विक निवेश संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ने देहरा में पुलिस आवास का लोकार्पण भी किया और जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने इससे पूर्व ज्वालाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी की गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि वह एनपीएस कर्मचारियों की मांगों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उठाएंगे ताकि उनका न्यायोचित हल निकल सके गोविंद ठाकुर आज उनसे मिलने आए एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ये सुविधा कोन्द्र सहित कई राज्यों ने लागू कर दी है लेकिन हिमाचल में इसे अभी भी लागू नहीं किया गया है मौसम मौसम ने प्रदेश में एक बार फिर से करवट बदल ली है राज्य के जनजातीय क्षेत्रों लाहौल स्पिति और किन्नौर में आज सुबह से ही ऊंची पहाड़ियों पर हल्का हिमपात तथा निचले इलाकों में वर्षा हो रही है राज्य के अन्य ज़िलों में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं इससे अधिकतम तापमान में जोरदार गिरावट आई है मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में ये बदलाव हिमालय क्षेत्र में सकिय हुए ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आया है

इस चेतावनी को देखते हुए शिमला ज़िला प्रशासन ने सभी नागरिकों को एहतियात बरतने की सलाह दी है मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा है कि जनगणना डाटा दशकों के सामाजिक विश्लेषण के लिए एक मुख्य आधार है इसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों व नीतियों के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती हैं

सम्मेलन के दौरान मंडलीय और प्रधान जनगणना अधिकारियों को मकानों के सूचीकरण और गणना के बारे में प्रशिक्षण दिया गया मुख्य सचिव ने जनगणना अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य को पूरे समर्पण के साथ निर्धारित समय अवधि में पूरा करें निदेशक जनगणना संचालन सुशील कापटा ने जनगणना की पृष्ठ भूमि इसके महत्व और कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना ज़िला के बंगाणा और आसपास के इलाकों के लिए अगले तीन वर्षो में सीवरेज सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा कंवर ने आज ऊना में कहा कि इस सीवरेज सिस्टम के बन जाने से बंगाणा उपमंडल की एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी